प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आने के साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है हालांकि उत्तर बिहार के मधुबनी सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुयी है दरभंगा में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है वहीं गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट की प्रवृति बनी हुयी है जिले के केवटी प्रखंड के खिरमा और लदारी में बाढ़ का पानी फैल गया है सीतामढ़ी के सुप्पी बैरगनिया मेजरगंज रीगा परिहार बेलसंड सुरसंड परसौनी और बथनाहा में बाढ़ के पानी में कमी आ रही है दूसरी तरफ जिले के रून्नी सैदपुर में बागमती लखनदेई और मनुषमारा नदी का पानी नये इलाकों में प्रवेश कर गया है मध्रबनी की नदियों के जलस्तर में गिरावट आ रही है सीमांचल की भी लगभग सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में भी बाढ़ का पानी कम हुआ है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट के पागालक्ष्मी गोरियारी तटबंध के टूट जाने से मीनापुर प्रखंड में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है दूसरी तरफ कटिहार जिले के भमरेली गांव के पास बना पुल पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया जिससे जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क ट्रट गया है इधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर अठहत्तर हो गयी है जबकि कई लोग लापता हैं विभाग ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया है साथ ही चलंत मेडिकल टीम बनाकर प्रभावितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं विभाग ने बाढ़ में क्षतिग्रस्त हये घरों की रिपोर्ट भी तैयार करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि राहत सामग्री नहीं मिलने का आरोप लगाते हुये बाढ़ प्रभावितों ने कई जगहों पर जमकर हंगामा किया पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडल कार्यालय और ढ़ाका ब्लॉक में बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की कई अन्य जगहों पर भी राहत वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये पीड़ितों ने प्रदर्शन किया प्रदेश के बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में आज से छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेजी जायेगी आपदा प्रबंधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रभावित जिलों के परिवारों की सूची तैयार कर ली गयी है इसी सूची के आधार पर पीड़ित परिवारों के खातों में डीबीटी और पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे भेजे जायेंगे राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित सभी बारह जिलों में चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बाढ़ के बाद महामारी और सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिये ये फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत शिविरों और अस्तपालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही चिकित्सकों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गयी है सभी जिलाधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर लगाने का भी निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द ही विमानों का परिचालन शुरू हो जायेगा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में ये जानकारी दी हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने अब तक हवाई अड्डे के लिये इकतीस एकड़ जमीन नहीं सौंपी है जिस कारण काम में रूकावटें आ रही हैं श्री प्री ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन जल्द शुरू करने के लिये सभी पक्षों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना के सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे विधान सभा में एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि पटना के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से हरेक जिले में लागू किया जायेगा प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड के जरिये खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले की जांच अब विधान सभा की विशेष समिति करेगी विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कल सभा की कार्यवाही के दौरान यह घोषणा की गौरतलब है कि उपभोक्ता विभाग ने नौ लाख अड़सठ हजार फर्जी राशन कार्ड चिन्हित किये हैं जिनमें से दो लाख उनसठ हजार कार्ड को रद्द कर उस पर खाद्यान्न का आवंटन रोक दिया गया है रेलवे ने नो बिल नो पेमेंट की नीति देशभर के सभी स्टेशनों और ट्रेनों में लागू कर दी है इसके तहत स्टेशन या ट्रेन में सामान बेचने वाले किसी वेंडर द्वारा बिल नहीं देने पर वह सामान पूरी तरह मुफ्त होगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से वेंडरों की मनमानी रूकेगी और आम लोगों को सही मूल्य पर सामान उपलब्ध हो सकेगा केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरे मकान या फ्लैट के लिये जीपीएफ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं कार्मिक मामलों के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है पटना और दरभंगा में सौ बेड वाले सदर अस्पताल खोले जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने विधान परिषद में विभागीय बजट पर हुयी चर्चा के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि जहानाबाद कटिहार और नवादा सदर अस्पतालों के नये भवनों का निर्माण कराया जायेगा साथ ही राज्य के अन्य बारह सदर अस्पतालों की क्षमता बढ़ायी जायेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संदिग्ध दिमागी बुखार से प्रभावित जिलों के अस्पतालों में दस दस बेड के गहन शिशु चिकित्सा कक्ष की भी स्थापना की जायेगी शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करेगा विभाग के निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की सूची एक सप्ताह के भीतर सौंपने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इकतीस मार्च तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीईएलएड कोर्स कर लेने के निर्देश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान सीतामढ़ी शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से राष्ट्रीय सीनियर रग्बी टूर्नामेंट की शुरूआत होगी तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान बिहार के साथ साथ तेईस अन्य टीमें हिस्सा ले रही है लेबनान में बीस से उनतीस जुलाई तक होने वाले एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिये भारतीय टीम में बिहार की रागिनी कुमारी खुशब्र कुमारी और मनीषा कुमारी को शामिल किया गया है ये तीनों सीवान की रहने वाली हैं गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संदिग्ध दिमागी बुखार से कल दो बच्चों की मौत हो गयी अब तक अस्पताल में इस बीमारी से सोलह बच्चों की मौत हो चुकी है

सुपौल के जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार ने सदर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में कोसी नदी में डॉल्फिन मारने वाले मछुआरों पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है

हिन्दुस्तान लिखता है विधानसभा घेरने जा रहे नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज पांच हजार अज्ञात शिक्षकों पर केस पांच गिरफ्तार प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है भूमि विवाद के चलते पिछले वर्ष से बढ़ी हत्या की घटनायें दैनिक जागरण की सुर्खी है मायावती के भाई आनंद की चार सौ करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त दैनिक भास्कर ने लिखा है चंद्रयान अब बाईस को जायेगा पर चांद पर सात सितंबर को ही पहुंचेगा आज ने रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को प्रमुखता देते हुये लिखा है मध्यस्थता पैनल इकतीस तक अंतिम रिपोर्ट सौंपे राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है खुफिया सूचना पर बेऊर जेल की सुरक्षा कड़ी